चार स्वास्थ्यकर्मियों को किया गया बर्खास्त

केन्द्र सरकार ने भी रिपोर्ट तलब की

और आज विश्व रेडियो दिवस है

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

निलंबित होने वालों में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर विमल कुमार चौधरी बरहट स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉक्टर एन के मंडल और सिकन्दरा स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉक्टर साजिद हुसैन शामिल है इसके अलावा जमुई के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुधांशु लाल को भी निलंबित किया गया है वहीं इस मामले में जिले के तीन स्वास्थ्य मैनेजर समेत संविदा पर कार्य कर रहे चार कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है राज्य सरकार ने कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा मिलने के बाद सभी जिलों को जांच के आदेश दिये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में निर्देश दिये गये हैं

केन्द्र सरकार ने भी इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है राज्यसभा में कल यह मामला उठने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है कोविड टीके की पहली ख्राक लेने वाले लाभार्थियों को आज से वैक्सीन की द्रसरी डोज दी जा रही है देश भर में कोविड टीकाकरण का पहला चरण सोलह जनवरी से शुरू हुआ था गौरतलब है कि कोविड टीके की दो खुराके लेनी आवश्यक है पहली खुराक के अट्ठाईस दिनों के बाद टीके की दूसरी खुराक दी जाती है इसके बाद ही शरीर में कोविड के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है इधर इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के संचारी रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर समिरन पांडा ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों खूराक लगने के पन्द्रह दिन बाद भी यदि प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में लोगों को बुस्टर डोज लेना होगा श्री पांडा पटना में आईजीआईएमएस के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे प्रदेश में अब तक चार लाख उनहत्तर हजार छह सौ उनसठ लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं कल बीस हजार पांच सौ सत्तासी लोगों का टीकाकरण हुआ जिसमें तीन सौ पचपन स्वास्थ्यकर्मी और बीस हजार दो सौ बत्तीस अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है इधर विभाग ने कहा है कि कोविन पोर्टल पर नाम दर्ज होने की स्थिति में लोग अपने नजदीकी केन्द्र पर टीका लगवा सकते हैं पटना के प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस पी विनायक ने बताया कि निबंधन के बाद यदि किसी व्यक्ति को मैसेज नहीं मिलता है तो वे ऐसी स्थिति में नजदीकी टीकाकरण केन्द्र पर अपना आधार संख्या और मोबाईल नम्बर दर्ज करवा कर टीका ले सकते हैं एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह ने उन अफवाहों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य यदि कोविड वैक्सीन लगवा लेता है तो अन्य सदस्यों को वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं होगी

एक दिन में छियासी मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख उनसठ हजार चार सौ तैंतीस हो गई है वहीं इसी अवधि में अठहत्तर नये मामलों की भी प्रष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार छह सौ छियालीस हो गया है वहीं पिछले चौबीस घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ बाईस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या छह सौ नब्बे है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं बोर्ड ने एक मार्च से ग्यारह जून तक आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के लिए राज्यों द्वारा तैयार कोविड प्रोटोकाल के पालन करने का विद्यालयों को निर्देश दिया है सीबीएसई द्वारा कहा गया है कि परीक्षा में एक बैच में पच्चीस परीक्षार्थियों को शामिल किया जायेगा हरेक पाली की समाप्ति के बाद प्रयोगशाला को सेनेटाइज किया जायेगा सुरक्षित दूरी के नियमों के पालन के साथ साथ परीक्षार्थियों और हर कर्मी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है आज विश्व रेडियो दिवस है यह दिवस रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता और समाचार माध्यमों में जागरूकता बढ़ाने तथा रेडियो के जरिये सूचना उपलब्ध कराने के लिए नीति निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है

श्री जावडेकर लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे

सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि अभी प्रतिदिन पचास हजार मीट्रिक टन धान की खरीद हो रही है सचिव ने बताया कि धान बेचने के लिए नये सिरे से निबंधन कराने की कोई जरूरत नहीं है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षक नियोजन की रूकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मामले के न्यायालय में होने के कारण नियोजन प्रक्रिया अभी रूकी हुई है उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में रहने वाले चौदह वर्ष तक के बच्चों का सर्वे होगा शिक्षा विभाग के अनुसार सर्वे के दौरान हर बच्चे का शिक्षण विवरण बाल पंजी में दर्ज किया जायेगा इस सर्वे का उद्देश्य वैसे बच्चों की पहचान करना है जो अभी विद्यालय नहीं जा रहे हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह ने बताया कि सभी जिलों को अट्ठाईस फरवरी तक बाल पंजी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है नौवीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र अब सोलह फरवरी तक पंजीकरण करवा सकते हैं बिहार पूलिस में सिपाही के आठ हजार चार सौ पन्द्रह पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा चौदह और इक्कीस मार्च को होगी केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा पहली पाली दिन के दस बजे से बारह बजे तक जबकि दूसरी पाली दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक आयोजित होगी परीक्षा का प्रवेश पत्र पर्षद की वेबसाइट पर पच्चीस फरवरी से उपलब्ध होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने तेईस फरवरी से आयोजित होने वाली जेईई मेन का एडमिड कार्ड जारी कर दिया है परीक्षार्थी एनटीए की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं इधर रेलवे भर्ती बोर्ड ने भी एनटीपीसी के चौथे चरण की परीक्षा के लिए एडमिड कार्ड जारी कर दिया है परीक्षाओं का आयोजन पन्द्रह फरवरी से शुरू हो रहा है पूर्व मध्य रेलवे ने आज से चौबीस मार्च तक श्रमजीवी समेत पांच जोड़ी ट्रेनों को अलग अलग तिथियों के लिए रद्द कर दिया है मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में चल रहे काम के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है जो रेलगाड़ियां रद्द की गयी है उनमें श्रमजीवी एक्सप्रेस पटना जम्मू तवी पाटलीपुत्र चंडीगढ़ हावड़ा जम्मू तवी और कामख्या अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं हरिद्वार में सत्ताईस फरवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड निगेटिव होना अनिवार्य किया गया है उत्तराखंड सरकार ने आने वाले श्रद्धालुओं से कोरोना की आरटीपीसीआर जांच कराने और रिपोर्ट साथ रखने को कहा है यह रिपोर्ट कुंभ मेले में पहुंचने से अधिकतम बहत्तर घंटे पहले की होनी चाहिए इसके साथ ही कोरोना का टीका ले चुके लोग टीकाकरण प्रमाण पत्र भी साथ रख सकते हैं सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रदेश भर के संवेदनशील स्थानों पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जायेगी केन्द्र सरकार ने राज्य की मांग के बाद दो कंपनी अर्द्वसैनिक बल भेज दिया है वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुरा मठ के पास एक अनियंत्रित कार ने सात लोगों को कुचल दिया जिसमें तीन की मौत हो गयी जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये वहीं मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र में दो बसों के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना जांच में हेराफेरी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने लिखा है जमुई के सीएस सहित चार डॉक्टर निलंबित तीन हेल्थ मैनेजर बर्खास्त दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है सीएम नीतीश बोले जिम्मेदार बख्शे नहीं जायेंगे हिन्दुस्तान ने लिखा है छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी से दो हजार पांच सौ मेगावाट बिजली खरीद को बिहार बिजली विनियामक आयोग ने दी मंजूरी दैनिक जागरण ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है बजट पर विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं दैनिक आज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है विधान परिषद के सदस्यों के मनोनयन का रास्ता साफ राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है लालू प्रसाद की जमानत अर्जी पर फिर टली सुनवाई

चार स्वास्थ्यकर्मियों को किया गया बर्खास्त

केन्द्र सरकार ने भी रिपोर्ट तलब की

और आज विश्व रेडियो दिवस है